टीकाकरण के तीसरे दिन कल एक लाख अड़तालीस हजार से अधिक लोगों को टीका लगाया गया इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कोरोना का टीका लेने के बाद भी लोगों को मास्क पहनना सु्रक्षित दूरी बनाए रखना और व्यक्तिगत स्वच्छता जैसी सुरक्षात्मक सावधानियां बरतनी चाहिए

लेकिन अतिरिक्त सुरक्षा कवच होने का यह मतलब नहीं है कि जो आपको इस बीमारी से बचने के लिए और खुद की इम्युनिटी को बढ़ाने के लिए जो कोई भी आपके दूसरे तरीके है उनके अनुपालन में किसी भी तरह की कोई कोताही बरतनी है इंजेक्शन लेने के छह हफ्ते के तक आपको उतनी ही रिलीजियसली और रिवेसली बाकी प्रोटेक्टिव मेजर्स कि मास्क पहनना सोशल डिस्टेंसिंग रखना और पर्सनल हाइजिंग का ध्यान रखना इसे आपको नियमित तौर पर उसी तरह से अनुपालन करते रहना है कोरोना टीकाकरण वेबिनार केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोकसंपर्क कार्यालय द्वारा आज रायपुर में कोविड नाइंटीन टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से वेबिनार का आयोजन किया गया वेबिनार को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ यूनिसेफ के प्रमुख जॉब जकारिया ने कहा कि कोरोना टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य देश को कोविड मुक्त बनाना है उन्होंने कहा कि टीकाकरण शुरू होने के बाद भी लोगों को सावधानियां बरतना और कोविड अनुकूल व्यवहार करना जारी रखना होगा उन्होंने कहा कि टीकाकरण एकमात्र समाधान नहीं है लेकिन समाधान की ओर एक कदम अवश्य है इस अवसर पर छत्तीसगढ़ टीकाकरण अभियान की राज्य मीडिया समन्वयक हर्षा पौराणिक ने टीकाकरण से जुड़ी सूचनाओं की संबंधित विभागों से पुष्टि करने के बाद ही आम जनता से साझा करने की अपील की उन्होंने मीडिया से कहा कि केवल सही सूचनाओं को ही साझा करें और अफवाहों को बिलकुल भी आगे न बढाएं वहीं छत्तीसगढ़ यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीधर प्रहलाद ने किसी भी बीमारी के लिए टीकों को विकसित करने की विभिन्न तकनीकों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि भारत में जो दो कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है उन्हें सारे मापदंडों का पालन करते हुए विकसित किया गया है और ये टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं इससे पहले वेबिनार की शुरूआत करते हुए पत्र सूचना कार्यालय और रीजनल आउटरीच ब्यूरो रायपुर के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने कहा कि इस वेबिनार के आयोजन का उद्देश्य कोरोना टीकाकरण के प्रति आम जनता को जागरूक करना है ताकि लोगों में सही जानकारी पहुंच सके और अफवाहों पर विराम लग सके वेबिनार के दौरान प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों औरं जिज्ञासाओं का विशेषज्ञों द्वारा समाधान भी किया गया इस वेबिनार में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड अधिकारियों और मीडियाकर्मियों के अलावा नेहरू युवा केन्द्र के अलावा राष्ट्रीय सेवा योजना के कैडेटों सहित लोक कलाकार और विद्यार्थी भी शामिल हुए बर्ड फ्लू बस्तर और दंतेवाड़ा जिले में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद आज बस्तर जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है जगदलपुर कलेक्टर रजत बंसल ने जिले के सभी मुर्गीपालन केन्द्रों के प्रवेश मार्ग पर प्रतिबंधित क्षेत्र की सूचना पट्टिका लगाने के निर्देश दिए हैं कलेक्टर ने कहा कि इन इलाकों के आसपास कोई पेड़ या घने पत्तों की झाड़ियां भी नहीं होनी चाहिए जिन पर पक्षियों को बैठने की जगह मिल सकें बस्तर जिला प्रशासन के निर्देशों में कहा गया है कि मुर्गीपालन केन्द्रों में कर्मचारियों को मानक अनुसार सुरक्षा किट पहनने के बाद ही प्रवेश दिया जाए वहीं परिसर से बाहर जाने से पहले कर्मचारियों को पूरे कपड़े बदलने और हाथ साफ करने की हिदायत दी गई है प्रशासन ने कहा है कि मुर्गीपालन के प्रतिबंधित क्षेत्र में आने वाले वाहनों की लगातार निगरानी की जाए

हाईकोर्ट नोटिस छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में ब्लॉक स्तर तक के प्रत्येक कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक प्राधिकारी मानने के मामले में राज्य सूचना आयोग और प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है मिली जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ब्लॉक स्तर तक के प्रत्येक कार्यालय को लोक प्राधिकारी घोषित कर दिया और बाद में सूचना आयुक्त ने भी सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश को सही बताते हुए राज्य के ब्लॉक स्तर तक के प्रत्येक कार्यालय को लोक प्राधिकारी घोषित कर उसी कार्यालय में आवेदन लगाने के लिए आदेशित किया इस आदेश से असंतुष्ट रायपुर निवासी याचिकाकर्ता नितिन सिंघवी ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है जिस पर सुनवाई के दौरान आज मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन और न्यायमूर्ति पीपी साहू की यूगल पीठ ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है

कल अट्ठारह जनवरी तक साढ़े अटहत्तर लाख मीटरिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है इस दौरान राज्य के अट्ठारह लाख सतहत्तर हजार से अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है वहीं मिलरों द्वारा अब तक तेईस लाख इकयासी हजार मीटरिक टन धान का उठाव कर लिया गया है इधर महासमुंद जिले में अवैध रूप से धान का भंडारण करने के मामले में चार लोगों पर कार्रवाई कर इनके पास से एक सौ उनतालीस बोरा धान जब्त किया गया है इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने धान खरीदी की अंतिम तारीख एक महीने और बढ़ाने की मांग की है ताकि प्रदेश का कोई भी किसान अपनी फसल बेचने से वंचित ना रह जाए राजनांदगांव में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार धान खरीदी की व्यवस्था ठीक तरह से नहीं कर पा रही है उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भाजपा द्वारा आगामी बाईस जनवरी को पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा डॉक्टर सिंह ने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान प्रदेश में ढाई सौ से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चूके हैं उन्होंने दिवंगत किसानों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग भी की साय कोंडागांव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार पर बस्तर को विकास से वंचित करने का आरोप लगाया है आज कोंडागांव जिले के प्रवास के दौरान श्री साय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार धान खरीदी से लेकर बेरोजगारी भत्ता पेंशन योजना और विकास की मूलभूत सुविधाएं देने में असफल रही है उन्होंने आगामी बाईस जनवरी को आयोजित भाजपा के जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से शामिल होने की अपील की इस मौके पर विधायक शिवरतन शर्मा पूर्व सांसद दिनेश कश्यप और पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया

जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि बोलागुंडा की पहाड़ियों में माओवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और जिला पुलिस बल का संयुक्त दल मौके के लिए रवाना किया गया सुरक्षा बलों के पहाड़ी पर पहुंचते ही माओवादियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी दोनों ओर से हुई गोलीबारी के बाद माओवादी पहाड़ियों की ओट लेकर भाग खड़े हुए

उधर सुकमा जिले के केरलापाल इलाके में गश्त के दौरान सीआरपीएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम ने एक स्थायी वारंटी माओवादी को गिरफ्तार किया है जिले के पुलिस अधीक्षक कन्हैयालाल ध्रुव ने बताया कि गिरफ्तार माओवादी पर विभिन्न हिंसक घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई उद्योग और व्यापार अनुकूल नीतियों के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है मुख्यमंत्री कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल बीस जनवरी को राजधानी रायपूर के अलावा बालोद और राजनांदगांव जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे इस दौरान मुख्यमंत्री अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में रायपुर के खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सहित अलग अलग जिलों में पांच उद्यानिकी महाविद्यालयों और नवीन कृषि विज्ञान केन्द्र का शुभारंभ करेंगे इस अवसर पर श्री बघेल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा र्तैयार किए गए डिजिटल कृषि पंचांग और कृषि दर्शिका का विमोचन भी करेंगे वहीं मुख्यमंत्री बालोद और राजनांदगांव जिले में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय हल्बा हल्बी आदिवासी समाज महासभा के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार उपयोगी निर्माण जनहितैषी अधोसंरचनाएं आपकी अपेक्षाएं विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक पांच शून्य दो और पांच शून्य तीन पर सत्ताईस अट्ठाईस और उनतीस जनवरी को दोपहर तीन से चार बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं

यातायात पुलिस ई चालान रायपुर की यातायात पुलिस द्वारा पिछले वर्ष यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब पंद्रह हजार वाहन चालकों से ई चालान के जरिए लगभग एक करोड़ रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है यातायात पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रायपुर शहर में नगर निगम सीमा क्षेत्र के तहत सभी प्रमुख चौक चौराहों पर यातायात संबंधी नियमों के उल्लंघन की निगरानी करने के लिए विभिन्न तकनीकों वाले कैमरे लगाए गए हैं जिनके जरिये अपराधों पर भी रोक लगाने में मदद मिल रही है

वहीं राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक में प्रदेश के सभी जिलों में यात्री वाहनों टैक्सी बस और आटो रिक्शा में महिला सुरक्षा की दृष्टि से अब पैनिक बटन लगाने का निर्णय लिया गया है ताकि यात्री वाहनों में महिलाओं को सुरक्षा संबंधी दिक्कत होने पर वे इस बटन को दबाकर अपनी सुरक्षा के लिए तत्काल पुलिस की मदद ले सकें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं इस बीच राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण करने वाले मुख्य अतिथियों की सूची भी जारी कर दी है इस बार ध्वजारोहण के लिए मंत्रियों के साथ संसदीय सचिवों को भी मुख्य अतिथि बनाया गया है इसके अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर में तिरंगा फहराएंगे वहीं राज्य के अन्य मंत्री और संसदीय सचिव अलग अलग जिलों के समारोह में तिरंगा झण्डा फहराकर परेड की सलामी लेंगे ई नाम पोर्टल केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देशभर की एक हजार मंडियों को ई नाम पोर्टल से जोड़ा गया है

मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में कल से ठंडी और श्रष्क हवाओं के आने की संभावना है जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने के आसार हैं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आगामी बाईस जनवरी तक प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने और आकाश के साफ रहने की संभावना है वहीं तापमान में भी दो से तीन डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है सरगुजा संभाग के एक दो जिलों में शीतलहर की स्थिति भी बन सकती है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिखों के दसवें गुरू और खालसा पंथ के संस्थापक ग्रू गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर सिख समाज सहित प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं कल बीस जनवरी को शहीद गैंदसिंह के शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रदेश के बेरोजगार युवा रोजगारपरक कौशल का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र सरकार द्वारा चयनित छह शासकीय और चार निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त कर सकेंगे इसके लिए इच्छ्क विद्यार्थी तीस जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज बालोद जिले के पैरी गांव में शहीद तिवर सिंह के स्मारक का अनावरण किया छत्तीसगढ़ फीस विनियमन अधिनियम का पालन नहीं करने और फीस समिति गठित नहीं करने के अलावा जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के दो सौ चालीस निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है कबीरधाम जिले में सहसपुर लोहारा नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष खड़ग राजसिंह ने भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है भिलाई नगर निगम के चरौदा रिसाली और जामुल नगर पालिका के वार्डों का आरक्षण बाईस और तेईस जनवरी को किया जाएगा जांजगीर चांपा जिले में पामगढ़ थाना क्षेत्र के मेहंदी गांव में बस की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई कोंडागांव जिले के दूधगांव में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई महाराष्ट्र के देवरी में शिवसेना द्वारा आयोजित बेरोजगार किसान मोर्चा के कार्यक्रम में प्रदेशभर के शिव सैनिक शामिल हुए

जांजगीर चांपा जिले में केसीसी लोन में हुई गड़बड़ी के मामले में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना आज भी जारी रहा कबीरधाम जिले में चिल्फी थाना पुलिस ने डेढ़ हजार प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त किया है जिसकी अनुमानित कीमत करीब साढ़े चार लाख रूपये बताई जाती है इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में पुलिस ने तेरह लाख रूपये की अवैध शराब जब्त की है

और दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र के भोथली गांव में खलिहान में रखे पैरावट में आग लगने से करीब पैंतालीस हजार रूपये का धान जलकर नष्ट हो गया